किसान संघों के आज भारत बंद के आहवान को देखते हुए केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शसित प्रदेशों से सुरक्षा कड़ी करने को कहा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

इससे किसानों आमजन तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को राहत मिलेगी

कैबिनेट में बजरी के विकल्प के लिए एम सेण्ड उपलब्ध कराने की नीति को मंजूरी दी गई इसके तहत एम सैण्ड इकाइयों को उद्योगों का दर्जा दिया जाएगा

राज्य मंत्रिमण्डल ने जनसुनवाई की व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है इसके तहत कलस्टर उपखण्ड और जिला स्तर पर आमजन की शिकायतों का प्रभावी निराकरण किया जाएगा इस संबंध में विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा जो इसे जल्द लागू करवाना सुनिश्चित करेगी राज्य मंत्रिमण्डल ने भूतपूर्व सैनिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनके राजकीय सेवाओं में नियोजन के लिए आरक्षण के प्रावधानों में कई संशोधनों को मंजूरी दी है

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता उपाय करने के निर्देश दिए हैं

अदालत ने आरपीएससी को कहा है कि वह याचिकाओं पर फैसला आने तक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार नहीं ले

अदालत ने कहा है कि प्रकरण का निस्तारण शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले कर दिया जाएगा मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश राज्य सरकार और अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत बंद के आह्वान को देखते हुए उच्च अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की उन्होंने सभी वर्गो से शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील की मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए उधर कुछ किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कल केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया किसानों का कहना है कि नए कानून से किसानों को फायदा हो रहा है कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए गौरतलब है कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी

कल आगरा में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि पहले रिफॉर्म्स ट्कड़ों में होते थे और कुछ सेक्टरों कुछ विभागों को ध्यान में रखते हुए होते थे अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं